मौसम प्रदेशवासियों के लिए राहतभरी खबर है कि राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है मानसून दक्षिणी छत्तीसगढ़ से प्रवेश कर जगलदपुर तक पहुंच चुका है इसके असर से आज बस्तर क्षेत्र में बारिश हुई

वहीं राजधानी रायपुर सहित राज्य के कई अन्य इलाकों में भी प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान कोन्द्र के मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि आज दक्षिण पश्चिम मानस्न महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश तेलंगाना दक्षिण छत्तीसगढ और दक्षिणी ओडिशा के कुछ भागों में सक्रिय हो गया है मानसून के आगे बढ़ने के लिए अभी अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं

वहीं आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है कलेक्टर कॉन्फ्रें स प्रदेश में आगामी एक अक्टूबर से राजस्व ई कोर्ट प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी ई कोर्ट को माध्यम से ही राजस्व के मामलों का निराकरण किया जाएगा कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को ई कोर्ट शुरू करने के संबंध में जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक अक्टूबर से ई कोर्ट के दस्तावेज ही मान्य होंगे श्री बघेल ने यह भी बताया कि साढ़े सात हजार वर्गफीट तक की नजूल भूमि के आवंटन और पांच हजार वर्गफीट तक के डायवर्सन के मामलों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में शामिल किया जा रहा है शहरी इलाकों में पट्टा वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को एक अभियान संचालित कर पात्र हितग्राहियों को भू स्वामी अधिकार दिए जाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए प्रतिबंधित दुकानें राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दुकानों को हफ्ते में एक दिन बंद रखने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने सामान्य दिनों की तरह ही खुली रहेंगी यदि स्थानीय बाजार में लॉकडाउन के पहले से ही साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है तो दुकानें अब भी इसका पालन कर सकती हैं राज्यपाल मुख्यमंत्री आदिवासी राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अखिल भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा है कि वे आदिवासियों के साथ संवेदनशील और सकारात्मक व्यवहार करें वन सेवा के प्रशिक्ष् अधिकारियों का एक दल आज राजभवन में राज्यपाल से मिलने पहंचा इस मौके पर सुश्री उइके ने कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहल क्षेत्र होने की वजह से अधिकारियों के समक्ष वनवासियों का जीवन बेहतर करने और वनों को संरक्षित करने की चुनौतियां भी होंगी उन्होंने सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण के लिए और अधिक ठोस कार्य किए जाने की जरूरत बताई राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ भें अनेक वनौषधियां पाई जाती है इसके संरक्षण की जरूरत है ताकि यह आदिवासियों की आय का जरिया बन सके वन सेवा के इस प्रशिक्षु दल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में भेंट की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इन प्रशिक्ष् अधिकारियों से कहा कि वे वनांचल क्षेत्रों में जाकर वहां की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करें और इन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण आदिवासी परिवारों को जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए नवाचारी पहल करें पदस्थापना राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेरह अधिकारियों को नई पदस्थापना दी है सामान्य प्रशासन विमाग से जारी आदेश के अनुसार डॉक्टर एम गीता को प्रभारी कृषि उत्पादन आयुक्त और कृषि तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव पद पर पदस्थ करते हुए ग्रामोद्योग विभाग के सचिव का अंतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है उनके पदभार ग्रहण करते ही डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी अपने वर्तमान प्रभारों से मुक्त हो जाएगी वहीं परदेशी सिद्धार्थ कोमल को मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव के साथ लोक निर्माण विमानन और खेल तथा युवा कल्याण विभाग के सचिव कॉ अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है नीलम नामदेव एक्का को आवास और पर्यावरण विमाग के विशेष सचिव और एलेक्स व्हीएफ पॉल मेनन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ श्रम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कोरोना मरीज कोंडागांव जिले में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है यह पॉजीटिव मरीज भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की उनतीसवीं बटालियन का जवान है और हाल ही में उत्तरप्रदेश से लौटा था फिलहाल वह क्वारेंटाइन सेंटर में था वहीं कोरबा जिले में देर रात सत्ताईस नए मरीज पाए गए हैं ये सभी प्रवासी मजदूर हैं और इनमें से दस कृदमुरा और सत्रह लोग जर्वे के क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे थे इन सभी मरीजों में कोरोना के प्रारंभिक लक्षण नहीं थे लेकिन जांच में इनके कोरोना पॉजीटिव होने की पृष्टि हुई इस बीच बस्तर जिले के केशलूर स्थित आईटीआई में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में रहने वाला एक मजदूर पॉजीटिव पाया गया है इस क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर सैनिटाईज किया जा रहा है कोरोना विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर का प्रादेशिक समाचार एकांश कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है कोरोना से जंग जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की अगली कड़ी का कल सुबह साढ़े दस बजे से प्रसारण किया जाएगा इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे

इसके लिए जीएनएम नर्सिंग सेंटर को कोविड केयर यूनिट में बदलने का काम पूरा हो चुका है जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर रवि भित्तल ने बताया कि दो सौ चालीस बिस्तरों वाली इस यूनिट में विशेषज्ञ चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ तैनात करने के साथ ही अत्याध्यनिक उपकरण लगाए गए हैं इसके साथ ही महासमुद जिला प्रशासन ने भी कोरोना संदिग्ध या संक्रमित गर्भवती माताओं के लिए तहसील मुख्यालयों में अलग से क्वारेंटाइन सेंटरों की व्यवस्था की है इन सेंटरों में चौबीसों घंटों विकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रबंध किया गया है इस बीच खबर मिली है कि इसी जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र स्थित कोमागांव के क्वारेंटाइन सेंटर से आज तड़के एक दंपत्ति फरार हो गया इस दंपत्ति के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है जीडीपी अमरीकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले वित्तीय वर्ष में तेजी से बढ़कर नौ दशमलव पांच प्रतिशत पर पहुंचने की संभावना है एजेंसी ने आगामी वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में पांच प्रतिशत की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है फिच रेटिंग्स ने कहा है कि वैश्विक संकट के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि दर ट्रिपल बी श्रेणी से उच्चतर स्तर पर लौटने की संभावना है अर्थव्यवस्था के समर्थन में भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नीतिगत दरों में कमी करते हुए मौद्रिक नीति को आसान बनाने और नकदी बढ़ाने जैसे उपाय किये हैं केन्द्र सरकार ने भी सकल घरेलू उत्पाद के दस प्रतिशत के बराबर बीस लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आरके ब्रम्हे ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले वित्त वर्ष में मजबूत होने को लेकर जो संभावना जताई गई है उसके पीछे रिजर्व बैंक द्वारा नगदी बढ़ाने के उपाय के साथ ही केन्द्र सरकार के राहत पैकेज को ही महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है

कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों और इनके बढ़ने की दर के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है सड़सठ विकासखंडों को रेड जोन में रखा गया है वहीं उनचास विकासखंड ऑरेंज जोन घोषित किए गए हैं वर्तमान में प्रदेश में एक सौ चवालीस क्षेत्रों को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है

इनमें पांच पांच लाख रूपये के दो इनामी माओवादी भी शामिल है ये माओवादी ब्ररकापाल हमला और एर्राबोर आगजनी सहित कई अन्य घटनाओं में शामिल रहे हैं जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के समक्ष इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया हादसा रायपुर में तिल्दा के पास आज हुई एक सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई वहीं दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं बताया जाता है कि तिल्दा सांकरा स्थित देवरानी जेठानी नाला के पास एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराई यह दर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और इसमें सवार सभी पांच लोग फंस गए इनमें से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि गंमीर रूप से घायल दो अन्य लोगों का इलाज रायपुर के अस्पताल में चल रहा है उधर बीजापुर जिले में भी आज सुबह तेलंगाना से ओडिशा जा रही एक कार मोदकपाल थाना क्षेत्र के पास पेड़ से जा टकराई इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं वहीं राजनांदगांव में आज एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के सड़क किनारे खड़ी कंटेनर से टकरा जाने की वजह से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया इस बीच रायगढ़ जिले के एक निजी संयंत्र में आज हुए हादसे में चार लोग झुलस गए हैं इनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है जिन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया है वहीं दो अन्य मजदूरो का इलाज रायगढ़ के अस्पताल में चल रहा है बताया जाता है कि ये चार मजदूर स्क्रैप यार्ड में पूरानी गाड़ियों की कटिंग कर रहे थे इसी दौरान कटिंग से उठी विंगारी डीजल टैंक तक पहुंच गई और उसमें विस्फोट हो गया संक्षिप्त समाचार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जनसंपर्क अभियान के तहत आज राजनांदगांव जिर्ल के मोखला और भरे गाव में विकास कार्यों का लोकार्पण किया रायपुर रेलमंडल का निपनिया भाटापारा समपार फाटक तकनीकी कार्यों की वजह से तेरह जून को सुबह आठ बजे से पंद्रह जन शाम छह बजे तक बंद रहेगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने तीन रेलमंडल रायपुर बिलासपुर और नागपुर में ट्रेन टिकटों की कालाबाजारी करने के आरोप में चौदह लोगों को गिरफ्तार किया है इनके पास से करीब साढ़े चार लाख रूपये की टिकटें बरामद की गई हैं एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक युवती की शिकायत पर अंबिकापुर के लुण्ड्रा स्थित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लेखापाल पटेल को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया है राजनांदगांव में किसानों ने समर्थन मृल्य पर मक्का खरीदी की मांग और सरकार की नीतियों के खिलाफ कलेक्टोरेट के बाहर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया कोंडागांव जिले में पुलिस ने एक ट्रक से डेढ़ सौ किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है राजनांदगांव में रानीसागर तालाब के तट पर सड़क चौड़ीकरण के लिए चौरासी पेड़ों को काटे जाने के फैसले के विरोध में स्थानीय युवा एकजुट हो गए हैं इन युवाओं ने कल इन सभी पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के गोपालपुर अटारी के पास एक हथिनी का शव मिला है वन विभाग के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हथिनी की मौत किस वजह से हुई है दूर्ग में सात घरों से चोरी करने वाले दो चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है

महासमुंद जिले के बरबसपुर में पुलिस ने नौ जुआरियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से अंठावन हजार रूपये की नगद राशि मोटरसाइकिल सवार और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं